ओडीएफ प्लस की श्रेणी में छत्तीसगढ को देश में मिला दूसरा स्थान

उत्तराखंड में नमाभि गंगे मिशन के तहत छह बड़ी परियोजनाओं का श्रमारभ करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि किसान इस देश में आजाद हों किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और कृषि उपज की सरकारी खरीद जारी रखने का भरोसा दिलाते हुए श्री मोदी ने कहा कि विपक्ष को लोगों के बीच झूठ फैलाने की आदत छोड़ देनी चाहिए एम एस पी लागू करने का काम स्वामीनाथन कमीशन की इच्छा के अनुसार हमारी ही सरकार ने किया आज ये लोग एमएसपी पर ही किसानों में भ्रम फैला रहे हैं देश में एमएसपी भी रहेगी और किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने की आजादी भी रहेगी लेकिन यह आजादी कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं इनकी काली कमाई का एक और जरिया समाप्त हो गया इसलिए इन्हें परेशानी है प्रधानमंत्री ने दोहराया कि बिचौलियों के खत्म होने के कारण काले धन की कमाई बंद होने की आशंका विपक्षी दलों को परेशान कर रही है उन्होंने कहा कि तीन नए कृषि कानूनों का उद्देश्य किसानों को देश में कहीं भी अपनी उपज बेचने की आजादी देना है इस बीच कोन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कृषि उपज मंडी समितियां काम कर रही हैं और किसान मंडियों में अपनी उपज बेच रहे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के उपज बेचने में असमर्थ होने के विपक्ष के आरोपो को खारिज करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने कई तरह के अनाज के न्यूनतम समर्थन मूल्य की पहले ही घोषणा कर दी है कृषि बिल कांग्रे स प्रदर्शन इस बीच संसद से पारित तीन कृषि सुधार विधेयकों के विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस द्वारा राज्यपाल अनुसुईया उइके को ज्ञापन सौंपा गया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा इस प्रतिनिधिमंडल में सांसद फूलोदेवी नेताम पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव सहित अनेक जनप्रतिनिध और कांग्रेस नेता शामिल थे दूसरी ओर कांग्रेस द्वारा आज राजधानी में निकाले गए पैदल मार्च के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि इन विधेयकों में स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के मुताबिक प्रावधान किए जाने के बावजूद कांग्रेस अब झूठ की राजनीति करके किसानों को उकसाकर अराजकता फैलाने का काम रही है मरवाही उप चुनाव केन्द्रीय चुनाव आयोग ने प्रदेश के मरवाही विधानसभा क्षेत्र के लिए होने वाले उप चुनाव के लिए आज कार्यक्रम की घोषणा कर दी है इसके साथ ही गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार मरवाही विधानसभा क्षेत्र में तीन नवंबर को मतदान होगा वहीं दस नवंबर को मतों की गिनती की जाएगी इस उप चुनाव के लिए नौ अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी जिसके बाद सोलह अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे सत्रह अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी वहीं उन्नीस अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे इस बीच चुनाव तारीख की घोषणा होने के साथ ही गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले में धारा एक सौ चवालीस लागू कर दी गई है

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि इस उप चुनाव के दौरान सभी उम्मीदवारों को कोरोना महामारी के मद्देनजर निर्धारित मापदंडों का पालन करते हुए ही प्रचार करना होगा

इस बैठक में सीमावर्ती जिलों में प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था में आपसी समन्वय बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई बैठक में गौरेला पेण्ड्रा मरवाही और अनूपप्र जिले के कलेक्टर सहित वरिष्ठ प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारियों के अलावा वन विभाग के अधिकारी मी उपस्थित थे इस बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने मरवाही विघानसभा उप चुनाव के लिए निर्देश जारी किया है उन्होंने मरवाही विधानसभा क्षेत्र में संगठन से जिनको जवाबदारी और प्रभार दिया गया है उन्हें ही चुनाव क्षेत्र में जाने को कहा है गौरतलब है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मरवाही सीट से विधायक अजीत जोगी के निधन के बाद यह सीट रिक्त हो गई थी राज्यपाल समीक्षा बैठक राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत में परिवर्तन करने के संबंध में अधिकारियों को एक सप्ताह में प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए हैं राज्यपाल ने आज इस संबंध में राजभवन में समीक्षा बैठक ली राज्यपाल ने कहा कि वे इस विषय में मुख्यमंत्री से भी चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही करेंगी उन्होंने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनुसचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाते समय संविधान के प्रावधानों का पालन किया जाए ताँकि जनजातियों के अधिकार सुरक्षित रह सकें राज्यपाल ने कहा कि अंकार डौंडी प्रेमनगर नरहरपुर बड़े बचेली ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाये जाने पर उन ग्राम पंचायतों द्वारा दावा आपत्ति कर नगर पंचायत में शामिल न होकर ग्राम पंचायत में रहने का आग्रह किया गया है राज्यपाल ने इस संबंध में अधिकारियों से उचित कार्रवाई कर एक सप्ताह के अंदर जानकारी देने को कहा है

इन तीनों जिलों में आज से सभी दकानें बाजार और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान खत्ल गए रायपुर में अब रात आठ बजे तक ही द्वकानों का खोलने की अनुमति रहेगी वहीं बालोद जिले में भी जिला प्रशासन ने आगामी एक अक्टूबर से लॉकडाउन को खत्म करते हुए सभी व्यवासायिक द्वानों को रात आठ बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है इस बीच कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राजधानी रायपुर में संचालित जागरूकता महाअभियान में कोरोना योद्वाओं का दल आज शहर के विभिन्न बाजारों में पहुंचा इस दौरान इन लोगों ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क पहनने निश्चित दूरी बनाए रखने और भीड भाड़ में जाने से बचने की सलाह दी साथ ही दुकानदारों को दुकान के बाहर रस्सी लगाकर सामाजिक दूरी के नियमों के पालन करने के निर्देश भी दिए कोरोना योद्वाओं के दल ने शहर के अलग अलग क्षेत्रों में संचालित कई सब्जी बाजारों का भी अवलोकन किया वहीं रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने लोगों से अनावश्यक अपने घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है उन्होंने कहा है कि मास्क के बिना सड़कों पर निकलने वालों और गाड़ी चलाने वालों पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी

आज से निगम क्षेत्र की सभी दुकानें रात सात बजे तक खोली जा सकेंगी वहीं होटल रेस्टोरेंट और चौपाटी रात आठ बजे तक खुली रहेंगी अंबिकापुर नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने बताया कि आज उनतीस सितंबर को छोड़कर आने वाले प्रत्येक मंगलवार को सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे वहीं सरगुजा जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दो कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद कार्यालय को सील कर दिया गया है वहीं गांधी नगर थाने को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है एसपी कार्यालय को कंट्रोल रूम स्थानांतरित किया गया है वहीं गांधी नगर थाना दूसरे थाने से संचालित होगा इस बीच कोरिया जिले में कलेक्टर एसएन राठौर ने मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए साप्ताहिक ब्धवार बाजार और हाट को प्रतिबंधित कर दिया है अन्य सभी स्थायी द्रकानें साप्ताहिक अवकाश को छोड़कर शेष दिनों में खोली जा सकेंगी वहीं दूर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सहित आईजी कार्यालय में पदस्थ आठ कर्मचारियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है आईजी विवेकानदं सिन्हा ने लोगों से अपील की है कि पिछले एक सप्ताह के दौरान जिन्होंने उनसे मुलाकात की है वे अपनी कोरोना जांच करा कर जरूरी सावधानी बरते उधर कवर्धा जिले में मोरमदेव रोड स्थित गोदना रिसार्ट में भी कोरोना जांच की व्यवस्था की गई है यहां रोजाना सुबह ग्यारह बजे से शाम पांच बजे तक कोरोना टेस्ट किया जाएगा जांच के लिए पहले से पंजीयन कराना जरूरी होगा महासमुद जिले में लॉकडाउन का असर दिखने लगा है जिसकी वजह से कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में पहले की अपेक्षा गिरावट आई है

बीते आठ अगस्त से पन्द्रह अगस्त के बीच चलाए गए गंदगी मुक्त अभियान में प्रदेश के बासठ गांव ओडीएफ प्लस घोषित किए गए हैं इस उपलब्धि पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ इंक्यानवीं जयंती के मौके पर स्वच्छ भारत दिवस पर आयोजित होने वाले आभासी कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा

गौरतलब है कि बीते एक अप्रैल से स्वच्छ भारत भिशन ग्रामीण के दूसरे चरण की शुरूआत की गई है इसके तहत केन्द्र सरकार ने ओडीएफ का स्थायित्व सहित ठोस और तरल अपोशेष्ट प्रबंधन पर ँकार्य करने के लिए सभी गांवों के लिए आठ मापदंड निर्धारित किए हैं इस बीच ग्रामीण और पंचायत विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि प्रदेश में स्वच्छता के लिए मुहिम आगे भी जारी रहेगी उन्होंने स्वच्छ भारत भिशन ग्रामीण की राज्य जिला ब्लॉक और गांव की टीम सहित ग्रामीणों को इस उपलब्धि पर बधाई दी है विजय कमार सीएम मुलाकात केन्द्र सरकार के आंतरिक सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार के नेतृत्व में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कल मुलाकात की मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में माओवाद समस्या की रिथेति और नियंत्रण के संबंध में चर्चो की गई इस अवसर पर प्रदेश के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साह तथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक ए पी महेश्वरी सहित पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे इस बीच आंतरिक सुरक्षा सलाहकार के विजय कमार ने आज सुकमा जिले का दौरा किया इस दौरान वे भेज्जी भी गए जहां उन्होंने सुरक्षा बल के जवानों से मुलाकात की वहीं खबर भिली है कि आज सुकमा जिले में सीआरपीएफ के जवानों ने गश्त के दौरान तेमेलवाड़ा और चिंतागुफा के बीच माओवादियों द्वारा लगाया गया एक आईईडी बरामद किया जिसे मौके पर ही विस्फोट करके नष्ट कर दिया गया कोरिया खांडा मुआवजा राज्य सरकार ने कोरिया जिले के खांड़ा जलाशय के क्षतिग्रस्त होने के कारण ग्रामीणों की फसल को हुए नुकसान के एवज में मुआवजा राशि जारी की है जिला कलेक्टर एसएन राठौर ने इस सम्बन्ध में राजस्व विभाग को ग्रामीणों की फसल को हुए नुकसान के आंकलन करने निर्देश दिए थे आंकलन के बाद करीब सत्तर ग्रामीणों को मुआवजा राशि दी गई है विशेष कार्यक्रम महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर चले कार्यक्रम की श्रृंखला की कड़ी की रूप में कल आकशवाणी केन्द्र रायपुर द्वारा एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा इसके अंतर्गत वरिष्ठ पत्रकार गांधीविद और विश्लेषक शर्माक शर्मा से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण कल सुबह साढ़े दस बजे से होगा

सट्टा आरोपी गिरफ्तार अंबिकापुर पुलिस ने सट्टा खेलाने के आरोप में तीन सटोरियों को गिरफ्तार किया है बताया जाता है कि इन आरोपियों ने करीब पचास लाख रुपये का सट्टा दांव पर लगाया गया था इनमें से एक आरोपी हरिद्वार का है जो किराए के मकान में रह रहा थ वहीं दो अन्य आरोपी स्थानीय हैं पुलिस ने इनके पास से तीन लाख रूपये नगद समेत मोबाइल फोन और टीवी सेट जब्त किया है इस मामले दो अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है इघर कोरिया जिले की पुलिस ने भी कुड़ेली में दो आरोपियों को डेढ़ लाख की सट्टा पट्टी और बीस हजार नगद राशि सहित गिरफ्तार किया है

संक्षिप्त समाचार जशपुर के पूर्व विधायक लुईस बेक का निधन हो गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है छत्तीसगढ़ तृतीय शासकीय कर्मचारी संघ ने आज पुरानी पेंशन योजना बहाल करने सहित छह सूत्रीय मांगों को लेकर कबीरधाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है कोंडागांव जिले में ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक के पदों पर भर्ती की प्रावीण्य सूची जारी कर दी गई है उम्मीदवार दावा आपत्ति तीस सितंबर से सात अक्टूबर तक विभाग की वेबसाइट ई मेल के माध्यम से भेज सकते हैं राजनांदगांव जिले में शहीद भगत सिंह की जयंती पर युवाओं ने रक्तदान किया साथ ही गुरूद्वारे के पास स्थापित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके योगदानों को याद किया गरियाबंद पुलिस ने राजिम में आज गांजे की तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके पास से करीब दो सौ सत्तर किलो गांजा बरामद किया है जिसकी कीमत लगभग सत्ताईस लाख रुपये बताई जाती है जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ क्षेत्र के पोड़ी गांव में करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई राजनांदगांव में निजी स्कूलों द्वारा ली जा रही फीस के विरोध में छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ के बैनर तले आज शहर के पालकों ने सांकेतिक भूख हड़ताल की कबीरधाम जिले के मगरदा गाँव में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया